राज्यसभा में आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिमाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है कृषिमंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं उन्होंने कहा कि ख्ले बाजार में किसानों को मंडियों के करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नए कानूनों के प्रावधान किसानों को अनुबंध से बाहर जाने की अनुमति देते हैं श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी को प्राप्त करने के लिए बनाये गए हैं उत्तर प्रदेश देश में अब तक कोविड नाइन्टीन का सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य बन गया है प्रदेश में छः लाख तैंतालीस हजार से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है राज्य में सप्ताह में दो दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है कल एक दिन मे एक लाख पच्चीस हजार से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया टीकाकरण के कुल लक्ष्य के पचहत्तर प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों ने टीका लगवाया प्रदेश मे आज से अग्रिम पक्ति के कर्मियों का टीकाकरण शुरू हो गया है राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने कोविड का टीका लगवाया उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और लोगों को टीकाकरण के प्रति किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रखनी चाहिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिये टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें गोरखपुर में टीकाकरण अभियान के तहत आज अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा मण्डलायुक्त जयंत नार्लिकर और जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड के टीके लगाये गये टीका लगवाने के बाद अधिकारियों ने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इससे डरने की जरूरत नहीं है उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की अपील की है इस बीच टीकाकरण से छूट गये स्वास्थ्यकर्मियों के लिये बारह फरवरी को टीका लगवाने का अन्तिम अवसर होगा देश भर में अब तक उन्चास लाख उन्सठ हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल पांच लाख नौ हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये गये स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है मंत्रालय ने कहा है कि आठ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के इकसठ प्रतिशत लोगों को टीका लगाया गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के एक सौ तिरसठ नये मामले सामने आये हैं जबकि तीन सौ तेईस लोग स्वस्थ हए हैं राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार हजार चार सौ बासठ रह गयी है प्रदेश में कल कोविड के एक लाख बारह हजार चार सौ तेरह नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल दो करोड़ चौरासी लाख तिरपन हजार अट्ठावन नमूनों की जांच की जा चुकी है भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से ही आकाशवाणी देश के नागरिकों के बीच कोविड नाइन्टीन के बारे में जागरूकता फैलाने की अगुवाई कर रहा है आकाशवाणी ने पिछले वर्ष मार्च में एक विशेष लोक संवाद कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रंखला शुरू की थी इस कार्यक्रम की तीनसौवीं कड़ी आज प्रसारित की जायेगी इस फोन इन कार्यक्रम में आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कोविड वैक्सीन से सम्बन्धित लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगे श्रोता आज रात साढ़े नौ बजे से विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं फोन नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छः सात प्रदेश के कई जनपदों में बीती रात से रूक रूक वर्षा होने के समाचार हैं गोरखपुर अयोध्या कुशीनगर बस्ती समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज बादल छाए रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर पिछले चौबीस घंटे के दौरान तेज वर्षा दर्ज की गयी वहीं मथ्रा समेत कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोम के सक्रिय होने से वर्षा के हालात बने हैं राज्य में कल भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है